ऊंची चोटियों पर हिमपात व अन्य भागों में वर्षा से तापमान में गिरावट

मण्डी ज़िले में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के शिवाबदार में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है

वीरभद्र सिंह दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार पवन काजल के पक्ष में आज चम्बा में चुनाव प्रचार किया उन्होंने चम्बा में हुए रोड शो में भाग लिया और साहो सहित चुराह क्षेत्र के पुखरी में चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया चम्बा में पत्रकार वार्ता में वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में चम्बा ज़िला विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राज्य में कांग्रेस एकजुट है और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि अंत्योदय के लक्ष्य के प्रति भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकार पूरी तरह समर्पित रही है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल चुनिंदा लोगों के फायदे के लिए कार्य करती थी और यूपीए कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को सत्ता का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और कांग्रेस चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं जबकि भाजपा को हार के डर से कांगड़ा और शिमला में उम्मीदवार बदलने पड़े हैं अनुराग ठाकुर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने प्रवासी हिमाचलियों से संसदीय चुनावों में बढ़ चढ़ कर मताधिकार के प्रयोग का आहवान किया है नई दिल्ली में प्रवासी हिमाचलियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मताधिकार का उपयोग करना और अच्छी सरकार चुनना सभी का परम कर्तव्य है अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा ये जागरूक मतदाता ही तय करते हैं

हालांकि टशीगंग में अभी भी चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है और क्षेत्र में रात के समय पारा शुन्य से नीचे चल रहा है केलंग से हमारे प्रतिनिधि कृंदन लाल के अनुसार सड़क बहाल होते ही चुनाव आयोग की स्थानीय टीम ने आज गांव का दौरा किया ज्ञापन प्रदेश भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया है पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की जा रही बयानबाजी निंदनीय और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है इस मुद्दे पर भाजपा ने आज प्रदेश के सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजे शिमला में पार्टी उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियां कर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं इधर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष विशाल चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाज़ी बंद न करने की स्थिति में प्रदर्शन किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि रैली के दौरान शिमला ज़िला प्रशासन के सहयोग से लोकतंत्र की मज़बूती के लिए लोगों को मतदान के प्रति भी जागरूक किया जाएगा

इसमें करीब एक हजार चुनाव कर्मियों को ईवीएम और वीवी पैट संचालने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया राजकीय महाविद्यालय संजौली और मण्डी महाविद्यालय में भी पोलिंग पार्टियों की पहली रिहर्सल करवाई गई उधर बिलासपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता शिविर में लोगों को मतदान का महत्व समझाया गया सोलन ज़िले के नालागढ़ में भी विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया धर्मशाला में हुई बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित बनाना जरूरी है

इसमें विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थी व आम लोगों के सहयोग से अढ़ाई हज़ार से अधिक लोगों की मानव श्रंखला बनाई जाएगी प्रदेश के अन्य भागों में भी स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए समस्या किन्नौर जिले के कुन्नू चारंग क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी से स्थानीय लोग परेशान हैं पंचायत प्रधान पूर्ण सिंह नेगी ने बताया कि क्षेत्र में संचार की कोई व्यवस्था नहीं है और विद्युत आपूर्ति की भी समस्या बनी रहती है उन्होंने कहा कि इलाके में सड़कों की हालत भी दयनीय बनी हुई है उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय लोग चुनावों में महज़ वोट देने तक ही सीमित रह गए हैं और सरकार उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है

उन पर ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर की गई है

इस बीच पार्टी ने हरीश जनारथा को दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया है उन्हें शिमला निर्वाचन क्षेत्र से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर निष्कासित किया गया था मौसम प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हुए ताजा हिमपात व अन्य भागों में वर्षा से तापमान में भारी गिरावट आई है बीते चौबीस घंटों में लाहौल स्पीति किन्नौर सिरमौर कुल्लू और चम्बा ज़िलों की चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी का समाचार है लाहौल घाटी में इस बर्फबारी से बिजाई का कार्य प्रभावित हुआ है जिससे किसान परेशान हैं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले इलाकों में हुई वर्षा से अधिकतम तापमान में कमी आई है

मैदानी इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है